क्रूक्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को स्थाई बनाने के लिए विकास बोर्ड को वैधानिक दर्जा दिया जायेगा

रजिस्ट्री कार्य में अनियमिताएं बरतने के आरोप में मुख्मयंत्री मनोहर लाल ने नायब तहसीलदारों पर कारवाई करने के आदेश दिए है

ग्रूग्राम तथा बादशाहप्र के तत्कालीन नायब तहसीलदार ने फलैटों और प्लांटों की रजिस्ट्रीयां करके नियमों का उल्लघन किया किया था नियमान्सार कार्यवाही की सिफारिश पर म्ख्यमंत्री ने ग्रूग्राम जिले के निय्क्त तत्कालीन नायब तहसीलदार रूपिन्द्र को निंलबित करने तथा सेवा निवृत हो च्के है नायब तहसीलदार आयूब खान के खिलाफ कार्यवाही के आदेश दिए आई टी इकाइयों से ज्यादा सम्पति कर वसूले जाने का मामला भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया जिसमें नगर निगम ग्रूग्राम के अधिकारियों ने बताया कि किसी भी इकाई पर सम्पति कर उसके प्रयोग के आधार पर लगता है उन्होंने बताया कि सरकार दवारा वर्तमान में सम्पति कर की नई दर निर्धारित करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया हआ है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को एक स्थाई कार्यक्रम के लिए क्रूक्षेत्र विकास बोर्ड को वैधानिक दर्जा दिया जाएगा इसके अलावा गीता मनीषी श्री ज्ञानानंद जी महाराज की अध्यक्षता में एक स्थाई आयोजन समिति का गठन भी किया जाएगा

करनाल कैथल व जींद के के तीर्थस्थलों की जानकारी के सम्बध में एक काफी टेबल बुक का भी विमोचन किया जायेगा

हरियाणा के सरकारी योजनाओ व सेवाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से देने तथा आम जनता के कार्यो को सरलता से निपटाने में अंत्योदय सरल केन्द्र मील का पत्थर साबित हो रहा है

इस प्रोजेक्ट की विशेषताओं में एक अन्य विशेषता यह भी है कि सभी सरकारी सेवाओं और योजनाओं को ऑन लाइन किया जा रहा है और जल्द ही अन्य सेवाओं और योजनाओं को भी ऑन लाइन लाने का काम तेज़ी से चल रहा है इससे घर बैठे ही स्टेट्स मिल जाने से नागरिक को विभाग में जाकर प्रछताछ की जरूरत नहीं पड़ेगी और समय की बचत होती है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सवेरे ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे

शिक्षा स्वास्थ्य व कृषि सहित सभी क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है विकास योजनाओं को तैयार करने व उन्हें लागू करने के लिए एक विशेष मॉनिटरिंग टीम का गठन किया जाएगा

लगातार पांच घंटे चली इस मीटिंग में मुख्यमंत्री ने कहा कि नूंह जिले में भौगोलिक तौर पर विकास कार्यो के साथ साथ यहां के लोगों के जीवनस्तर में सुधार के लिए भी काफी काम किए जाने की आवश्यकता है

रेवाड़ी के भांडौर गांव अन्सूचित जाति चौपाल व सीमेंट टाईल से नवनिर्मित गलियों का उदघाटन करने के उपरान्त उन्होंने कहा कि प्रदेशा में सीवरों की सफाई का कार्य मशीनों द्वारा किया जायेगा ताकि सीवर कर्मियों को जोखिमों से बचाया जा सके उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का लाभ सीधे जनता के निचले तबके तक पहंचा है भ्वनेश्वर में प्रूषो के हाकी विश्व कप में पहले वार्मअप मैच में भारत ने अर्जेनटीना को पांच शून्य से हराया भारत कर अपने दूसरे वार्मअप मैच में स्पेन के साथ खेलेगा ब्धवार को भूवनेश्वर में असली विश्व कप का मैच श्रू होंगे

हरियाणा में यह ग्रीन कोरिडोर कोटप्तली से अंबाला इस्माईलाबाद तक बनाया जाएगा

प्लिस ने दो य्वकों को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया है और आगे की कारवाई श्रू कर दी है

भिवानी महेन्द्रगढ़ से सांसद धर्मबीर सिंह ने ग्रप डी की नौकरियों में शैक्षणिक योग्यता को लेकर सरकार को दोबारा विचार करने को कहा है